मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क पर प्रसारित किया जायेगा

हिन्दी में कार्यक्रम के प्रसारण के तत्काल बाद आकाशवाणी से इसे क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा क्षेत्रीय भाषाओं में इसका अन्वाद शाम आठ बजे फिर से प्रसारित किया जायेगा

प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मंगलवार को धर्मान्तरण कानून के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद इसे राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिये भेजा गया था राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही यह अध्यादेश के रूप में प्रदेश में लागू हो गया है अब ऐसा अपराध गैर जमानती माना जायेगा अध्यादेश के अनुसार किसी एक धर्म से अन्य धर्म में लड़की का धर्म परिवर्तन का एक मात्र प्रयोजन सिर्फ शादी के लिये किया जाता है तो ऐसा विवाह शून्य अथवा अमान्य की श्रेणी में लाया जा सकेगा दोष सिद्ध होने पर दोषी को कम से कम एक वर्ष और अधिकतम पांच वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है

राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद अब इस अध्यादश को छह माह के भीतर विधानमंडल के दोनों सदनों में पास कराना होगा

उन्होंने आज हरदोई में कहा कि प्रदेश में सभी धर्मो को मानने वालों को समान रूप से जीने का हक इस कानून से प्राप्त होगा सहमति से धर्म परितर्वन के लिये जिलाधिकारी को दो महीने पहले सूचना देनी होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमत्री के मार्गदर्शन में केन्द्र और प्रदेश सरकार द्वारा भू जल संरक्षण एवं नियोजन सरफेस वॉटर की स्वच्छता एवं निर्मलता तथा शुद्ध पेयजल की उपलब्धता अटल भू जल योजना नमामि गंगे परियोजना हर घर नल आदि योजनाएं लागू की गई है उन्होंने कहा कि भू जल एवं सरफेस वॉटर के उचित नियोजन के लिए शासन प्रशासन सहित स्वयंसेवी संगठनों द्वारा जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाने की आवश्यकता है

वहीं भू जल एवं सरफेस वॉटर के संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष वृक्षारोपण महाअभियान संचालित किया जा रहा है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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी की सोमवार को होने वाली यात्रा को देखते हुए तैयारियां जोरों पर है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी जाकर देव दीपावली के आयोजन की तैयारियों का जायजा लिया

उन्हाने प्रस्तावित जनसभा स्थल पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हुए पुख्ता एवं चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के निदेश दिय इस दौरान उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर पहुंचकर वहां के निर्माण की प्रगति को भी देखा मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि काशी का राष्ट्रीय एवं अतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष महत्व है श्री योगी ने कहा कि देव दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री का आगमन सभी के लिये सौभाग्य की बात है उन्होंने कहा कि पूरा विश्व मान रहा है कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सदी का सबसे बड़ा आपदा प्रबंधन भारत में हुआ

घाटों पर दीप प्रज्ज्वलित किये जायेगे लेजर शो कार्यक्रम का भी आयोजन किया जायेगा इस अवसर पर आयोजित सभी कार्यक्रमों का सजीव प्रसारण होगा इसके लिये जगह जगह एलईडी लगेंगे

श्री मार्य ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि केन्द्र और प्रदेश सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है बाइट मैं देश के किसानों से भी विशेषतौर से उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों से यह अपील करना चाहता हूं कि इस प्रकार का आन्दोलन विशेष तौर से माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ कांग्रेस के द्वारा रची गई साजिश के सिवा कुछ नहीं है कांग्रेस पार्टी को जन्मजात किसान विरोधी गरीब विरोधी पार्टी है और वह काभी भी किसानों का हित न कभी सोची थी न कभी सोची है और न कभी सोचेंगी और इस आन्दोलन का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि जिस विषय को लेकर के किसानों को गुमराह किया जा रहा है कि किसानों के साथ अन्याय होने जा रहा है न अन्याय हुआ है और न अन्याय होने पायेगा किसानों को जो एमएसपी मिलनी चाहिये वह एमएसपी उनको मिल रही है किसान को अधिक कीमत मिले और कहीं बेचे अगर किसान को सरकारी मूल्य पर बेचना है तो क्रय केन्द्र में बेचे यह सुविधा सदा बरकरार है और सभी किसान भाई घर वापस जाये और किसानों का हित मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा ने आज लखनऊ में किसान जागरूकता अभियान रथ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया किसान जागरूकता अभियान रथ प्रथम चरण में उन्नाव कानपुर कन्नौज फरूर्खबाद मैनपुरी एटा कासगंज इटावा फिरोजाबाद हाथरस अलीगढ़ खुर्जा बूलन्दशहर तथा गाजियाबाद जायेगा श्री सिन्हा ने कहा कि किसान जागरूकता अभियान रथ के द्वारा किसानों को आत्मनिर्भर बनाने आय में वृद्धि करने के उपाय तथा उत्पादों का प्रसंस्करण कर उचित मूल्य दिलाने के लिए जागरूक किया जायेगा उन्होंने कहा कि इस अभियान द्वारा युवा शक्ति का कृषि उद्यमिता विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने एवं महिला सशक्तीकरण के तहत स्वयं सहायता समूह गठित करने के लिए जागरूक किया जायेगा कृषि उत्पादन आयुक्त ने बताया कि जागरूकता रथ द्वारा किसानों को कृषि वैज्ञानिकों द्वारा आध्निक खेती के लिए निशुल्क प्रशिक्षण एवं जल संरक्षण की जानकारी भी दी जायेगी